इससे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा प्रधानमंत्री ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए कुछ सौगातों की घोषणा भी कर सकते हैं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षो में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं

इसके अलावा लाभांष वितरण कर भी समाप्त कर दिया गया था उदघाटन समारोह में वाणिज्य और उद्योग संगठनों तथा चार्टर्ड लेखाकारों की एसोसिएषनों के अलावा प्रमुख करदाताओं और आयकर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को षामिल होने को कहा गया है कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे मंत्रिपरिषद समूह आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमेप बनाने के लिए मंत्रि परिषद के वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल कर चार समूहों का गठन किया गया है भौतिक अधोसंरचना समूह में लोक निर्माण कृटीर ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव और समूह समन्वयक अधिकारी आईसीपी केशरी होंगे सुशासन समूह में गृह जेल संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र और समूह समन्वयक अधिकारी एसएन मिश्रा होंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य समूह में चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग तथा समूह समन्वयक अधिकारी मोहम्मद सुलेमान होंगे इसी प्रकार अर्थव्यवस्था एवं रोजगार समूह में वाणिज्यिक कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा और समूह समन्वयक अधिकारी डॉ राजेश राजौरा बनाए गए हैं इन चारों समूहों में अन्य मंत्रीगण भी शामिल होंगे

रिपोर्ट पर पुनः नीति आयोग के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा इसके पश्चात आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप को अंतिम रूप दिया जाएगा रोडमेप में निर्धारित कार्ययोजना को आगामी तीन वर्ष के लक्ष्य के साथ लागू किया जाना है इलेक्ट्रिक वाहन केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिना बैटरी के बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है अब इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण के लिए बैटरी के किसी विवरण की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी

इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र लिखा है मंत्रालय ने यह फैसला उन सिफारिशों के आधार पर किया है जिसमें कहा गया था कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग किया जाना चाहिए

आज से ट्रक आपरेटर्स अपनी सेवायें पूर्ववत जारी रखेंगे श्री राजपूत ट्रक आपरेटर्स संघ के पदाधिकारियों से आज सागर में चर्चा करेंगे

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कल कहा कि ट्रक आपरेटर्स संघ के पदाधिकारियों को परिवहन मंत्री श्री राजपूत की अध्यक्षता में उनकी माँगों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है नीति आयोग बैठक नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता कोरोना वैक्सीन पर बने विशेषज्ञ समूह की कल पहली बैठक हुई इसमें कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने और उसकी डिलीवरी के लिए योजना बनाने पर चर्चा हुई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इस समय भारत में तीन टीकों का अलग अलग चरणों में क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है ये तीन टीके भारत बायोटेक वैक्सीन जाइडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेष के अधिकांष जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज बारिष हुई है छिन्दवाड़ा जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर पर हैं कई पुल पुलियाओं के उपर पानी आने से आवागमन बाधित हुआ है

मौसम विभाग के अनुसार कल बक्सवाहा ब्यावरा में आठ आठ वारासिवनी बीना सोहागपुर कराहल पोहरी कोलारस में सात सात सीधी बटियागढ में छह छह अमरपाटन समनापुर मलॉजखण्ड गाडरवाडा ग्वालियर नरसिंहगढ़ में पांच पांच सेंटीमीटर बारिष दर्ज की गई मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि आज रीवा सतना पन्ना छतरपुर दमोह अलीराजपुर झाबुआ धार दतिया और भिण्ड जिलों में भारी बारिष हो सकती है वहीं सीधी उमरिया डिंडोरी कटनी जबलपुर सागर टीकमगढ हरदा देवास मुरैना और ष्योपुर बारिष की संभावना है

यह दूसरी बार है जब क्वालीफायर्स को स्थगित किया गया है इससे पहले मार्च और जून के बीच होने वाले क्वालीफायर्स को स्थगित किया गया था फ्टबॉल की विश्व संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार एशिया क्वालीफायर्स के दूसरे राउंड को अक्टूबर नवम्बर की अंतरराष्ट्रीय विंडो के दौरान आयोजित होना था लेकिन कई देशों में कोरोना की स्थिति को देखते इन्हें स्थगित करने का फैसला किया गया है